मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा पानी की गुणवत्ता जांचने व जल स्रोतों की सफाई के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान

जनजातीय क्षेत्रों में हल्का हिमपात जारी मनाली केलंग मार्ग पर यातायात अवरूद्व प्रधानमंत्री जल दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से पानी का संरक्षण करने का आहवान किया है विश्व जल दिवस के अवसर पर आज उन्होंने वर्षा जल संचय के जल शक्ति अभियान कैच द रेन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन आने वाली पीढियों के लिए महत्वपूर्ण है इस अभियान का नारा है वर्षा जल की बूंदे जहां गिरे जब भी गिरे एकत्र करें

उन्होंने कहा कि देश में जल संकट की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है और पानी का दुरूपयोग रोकना समय की मांग है

उन्होंने कहा कि जल गुणवत्ता जांचने व जल स्त्रोतों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा

इस दौरान जन सहभागिता से जल संग्रहण किया जाएगा और लोगों को पानी के संरक्षण बारे प्रेरित किया जाएगा

बाद में मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए इनमें जंजैहली स्कूल में अढ़ाई करोड़ रूपए से बने विज्ञान भवन का लोकार्पण भी शामिल है जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे

शिमला में आज स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान जिले को दो रूटों के माध्यम से कवर किया जाएगा

उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर गेहूं व धान के अलावा मक्की की खरीद भी की जाएगी

बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है सोलन जिले के किशनपुरा में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षित करने में इन्वेस्टर्स मीट मील का पत्थर साबित हो रही है

गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली की पलचान पंचायत में जन सुनवाई की उन्होंने कहा कि पलचान में खेल मैदान के निर्माण कार्य को मनरेगा के तहत पूरा किया जाएगा उन्होंने कहा कि मौसम साफ होने पर गुलाबा से मढ़ी तक वाहनों को अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा गोविंद ठाकुर ने कहा कि सोलंग में डंपिंग साइट पर एक बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी

प्रदेश में इस बार नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं

इन नगर निगमों में सोलन धर्मशाला पालमपुर और मंडी शामिल है इसके अलावा चिड़गांव नेरवा आनी निरमंड कंडाघाट और अम्ब नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की अध्यक्ष विप्लव ठाकुर ने कहा है कि नगर निगम चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ यदि कोई कांग्रेस नेता चुनाव लड़ता है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि समिति के सभी सदस्यों को जिम्मेवारी सौंप दी गई है और किसी भी शिकायत पर गुण दोष के आधार पर फैसला लिया जाएगा लोकसेवा आयोग राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा आज चार वर्ष के सेवा काल के बाद सेवानिवृत हुए इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आए व्यावधान के बाद आयोग ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर इस महीने तक अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए हैं राणा ने कहा कि हिमाचल लोकसेवा आयोग देश का पहला ऐसा आयोग बन गया है जहां ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई है उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यो का ब्यौरा भी दिया मौसम जनजातीय क्षेत्रों में हिमपात जबकि अन्य भागों में वर्षा से प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है लाहौल स्पीति जिले में बीती रात से ही रूक रूककर हिमपात जारी है बर्फबारी के कारण मनाली केलंग मार्ग पर यातायात अवरूध हो गया है सिस्सू व गोंदला में करीब आधा फूट जबकि रोहतांग दर्रे पर एक फुट से अधिक ताजा बर्फबारी हुई है उधर किन्नौर जिले के ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात जारी है जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा हुई है राजधानी शिमला में भी आज दोपहर तेज वर्षा हुई सिरमौर कुल्लू बिलासपुर मंडी और सोलन सहित अनेक जिलों में भी व्यापक रूप से वर्षा हुई है फसलों के लिए ये वर्षा फायदेमंद बताई जा रही है

लोकनत्य भाषा कला व संस्कृति विभाग द्वारा आज शिमला के गेयटी थियेटर में जिला स्तरीय लोक नृत्य व लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें जिले भर से आए कलाकारों ने अपनी कला के जौहर दिखाए और शानदार लोक नृत्य व वाद्य यंत्रों को बजाकर खूब समां बांधा उपायुक्त आदित्य नेगी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि युवा पीढ़ी को संस्कृति को जानने का मौका मिल सके